केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोरोना का टीका सभी को निःशुल्क लगाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री आज कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह ना हों भारत की सरकार सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रकिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस न बनाएं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी उन्होंने कहा कि आम लोगों में पोलियो टीकाकरण के दौरान भी हिचक देखी गई थी लेकिन बाद में यह अभियान बहुत सफल रहा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पूर्वाभ्यास चार राज्यों में किए गए पूर्वाभ्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया जा रहा है इस अभ्यास के दौरान वास्तविक टीका लगाये जाने को छोड़कर टीकाकरण की बाकी सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है

इसका उद्देश्य टीकाकरण की तैयारियों को परखना था इसके अलावा कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को विन एप्लीकेशन्स की भी जांच की गई पूर्वाभ्यास में नियोजन और क्रियान्वयन के बीच संबंध और आगे की चुनौतियों को भी देखा गया वास्तविक टीकाकरण अभियान से पहले केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देशभर में दो सौ पचयासी स्थलों पर परीक्षण और अभियान का अभ्यास किया यह अभ्यास सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के एक सौ पच्चीस जिलों में किया गया इसमें शहरी और ग्रामीण जिलों के साथ साथ दुर्गम क्षेत्रों को भी शामिल किया गया प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश को कम से कम तीन बार परीक्षण करने को कहा गया इधर छत्तीसगढ़ के सात जिलों रायपुर सरगुजा दुर्ग बिलासपुर राजनांदगांव बस्तर और गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में भी आज टीकाकरण के लिए मॉकड्रिल किया गया इन जिलों में जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक यह मॉकड्रिल हुआ रायपुर स्थित सरस्वती प्राथमिक शाला पुरानी बस्ती में ड्राय रन का आयोजन किया गया स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने टीकाकरण की तैयारियों का निरीक्षण किया और इस दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि सबसे पहले जिन्हें टीका लगना है उनका पहचान पत्र देखकर पंजीयन किया गया टीकाकरण कक्ष में ले जाकर टीका लगाने के बाद अलग कक्ष में आधे घंटे तक निगरानी में रखने के बाद उन्हें कक्ष से जाने दिया गया स्वास्थ्य मंत्री ने ड्राय रन में शामिल मितानिन से भी बात की और अधिकारियों को टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया सही तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए

इस मॉकड्रिल का उद्देश्य कोल्ड चैन प्रबंधन टीका की आपूर्ति और भंडारण के साथ ही टीकाकरण के लिए पहुंचे लोगों के टीकाकरण स्थल पर पहुंचने उनके प्रवेश पंजीयन टीकाकरण और निगरानी में रखने की तैयारियों को परखना था प्रदेश में पहले चरण में चिकित्सा कार्य में लगे दो लाख चौंतीस हजार लोगों को टीका लगाया जाएगा

यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार हो जाता है और उसकी सेवाए दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं तो उन्हें दिव्यांगता क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाएगा केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने कल यह घोषणा की श्री सिंह ने कहा कि इससे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे सीआरपीएफ बीएसएफ और सीआईएसएफ के युवा जवानों को बड़ी राहत मिलेगी वहीं यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सात वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पहले ही सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तब भी कर्मचारी के परिवार को उसके आखिरी भुगतान के पचास प्रतिशत राशि पेंशन के तौर पर निर्धारित की जाएगी धान खरीदी प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जारी है अब तक बावन लाख मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी कर ली गई है इस दौरान प्रदेश के लगभग तेरह लाख सैंतालीस हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है मिलरों द्वारा बारह लाख उनतालीस हजार मीटरिक टन धान का उठाव कर लिया गया है धान खरीदी का कार्य इकतीस जनवरी तक चलेगा वहीं प्रदेश के कई खरीदी केन्द्रों में बारदाने की कमी होने के कारण धान खरीदी का कार्य प्रभावित हुआ है बेमेतरा जिले में बारदाने की कमी होने से नाराज किसानों ने आज कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन किया उधर धमतरी जिले के भखारा और कोलयारी स्थित उपार्जन केन्द्रों में धान का उठाव नहीं होने पर सहकारी समितियों के पदाधिकारियों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर धान का उठाव जल्द किए जाने की मांग की उन्होंने बताया कि धान का उठाव नहीं होने की वजह से खरीदी केन्द्रों में जाम की स्थिति बनी हई है इधर राजनांदगांव जिले के कई खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी कार्य बंद होने से नाराज किसानों ने धान खरीदी फिर से शुरू करने और व्यवस्था सुधारने की मांग की है किसान संघ ने बताया कि बारदाने और जगह की कमी के कारण जिले के करीब पच्चीस केन्द्रों में धान खरीदी का कार्य बंद है इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की जा रही है न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति क्विंटल पच्चीस सौ रूपये के अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की नीयत किसानों का धान खरीदने की नहीं है उन्होंने कहा कि बारदाना उपलब्ध कराना केन्द्र सरकार का काम नहीं है बारदाना के नाम पर राज्य सरकार केवल राजनीति कर रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को किसानों से पच्चीस सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने के अपने वायदे को पूरा करना चाहिए

इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को करीब छह करोड रूपये की राशि की सामग्री भी वितरित की कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने छाल और सरिया को तहसील बनाने सहित कई घोषणाएं कीं इनमें खरसिया में रेलवे ओव्हरब्रिज अस्थायी सिंचाई पम्पों के स्थायीकरण संजय मार्केट का उन्नयन मिट्ढ्मुड़ा तालाब का जीर्णोद्वार और सारंगढ़ में ओपन जिम शामिल हैं मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज का नामकरण गुरू घासीदास के नाम पर करने की घोषणा भी की मुख्यमंत्री ने रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में आयोजित सभा स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया वहीं मुख्यमंत्री कल बिलासपुर और परसों कोरबा जिले के प्रवास पर रहेंगे और इस दौरान वे जिलावासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे इसी तरह मुख्यमंत्री पांच जनवरी को जांजगीर चांपा जिले का दौरा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे इस दौरान मुख्यमंत्री जिले में विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे प्रधानमंत्री लोकप्रियता केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विश्व के प्रमुख नेताओं की लोकप्रियता का आंकलन करने वाली अमरीका की एक कंपनी के अनुसार श्री मोदी की स्वीकार्यता पचपन प्रतिशत के साथ काफी ज्यादा है इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने विश्व में सर्वोच्च लोकप्रिय नेतृत्व का सम्मान पाने वालों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम शामिल होने पर उन्हें बधाई दी है

अपने प्रवास के दौरान प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी रायपूर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहेंगे प्रदेश प्रभारी डी पुरेन्दश्वरी चार जनवरी को बलौदाबाजार और पांच जनवरी को महासमुंद जिले में पार्टी कार्यालय में विभिन्न स्तर की बैठकें लेंगी वहीं सह प्रभारी नितिन नबीन चार जनवरी को मुंगेली और पांच जनवरी को बेमेतरा जिले में आयोजित पार्टी पदाधिकारियों की बैठकों में शामिल होंगे दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में कल रायपुर स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की अलग अलग बैठक आयोजित की जाएगी पदस्थापना राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों की नई पदस्थापना की है सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक ए कुलभूषण टोप्पो को रायपुर संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है साथ ही उन्हें दूर्ग संभाग के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है वहीं रायपुर संभाग के आयुक्त गोविंदराम चुरेन्द्र को बस्तर संभाग के आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया है

श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय वोरा को श्रद्धांजलि अर्पित की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय वोरा के कार्यो को हमेशा याद किया जाएगा श्रद्धांजलि सभा में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए

इस मौके पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीते वर्ष में पुलिस की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी इस दौरान उन्होंने बताया कि पहले हमारा फोकस पुलिस कैम्पों के जरिये माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना और इलाके में विकास कार्य करना था इसके बाद नई योजना पर काम शुरू किया गया उन्होंने बताया कि ग्रामीण भी चाहते हैं कि उनके इलाके का विकास हो और उन्हें बेहतर शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधा भी मिले कुछ कैम्पों में राशन दुकानों के संचालन के साथ ही ग्रामीणों के लिए निःशुल्क भोजन दवाई और शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है

इस विशेष अभियान के तहत दस दिनों के भीतर एक सौ तीस लोगों के गुम हुए मोबाइल को दूंढ निकाला गया लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल की मौजूदगी में खोजे गए मोबाइल को उसके धारकों को वापस सौंपा गया उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों के भीतर बड़ी संख्या में मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट के बाद पुलिस अधीक्षक ने इन मोबाइलों को ढूंढने के लिए एक अभियान चलाकर उन्हें मोबाइलधारकों को लौटाने के लिए निर्देश दिए थे इसके बाद साइबर सेल की एक विशेष टीम गठित कर एक सौ तीस से अधिक मोबाइलों को ढूंढ निकाला गया स्लोगन प्रतियोगिता स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर जनसंपर्क विभाग द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ युवा विषय पर स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी दस जनवरी तक जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट में ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं अब तक लगभग ढाई हजार लोगों ने पंजीयन करा लिया है स्लोगन स्व लिखित होना चाहिए भाषा छत्तीसगढ़ी हिन्दी और अंग्रेजी होगी इस प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित स्लोगन का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए किया जा सकेगा सभी प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाण पत्र और सौ सर्वश्रेष्ठ स्लोगन को जनसंपर्क विभाग द्वारा एक एक हजार रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा

शिवनाथ महोत्सव में एक साथ ग्यारह हजार दीपदान किया गया साथ ही महाआरती भी की गई इस दौरान कलाकारों द्वारा नृत्य और संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए महोत्सव में राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए दुर्घटना बिलासपुर जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक ये तीनों युवक मोटरसाइकिल में सवार होकर कोटा से बिलासपुर की ओर जा रहे थे इसी दौरान कोटा थाना क्षेत्र के मोहन भाटागांव के पास तेज रफ्तार एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी इस हादसे में तीनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई वहीं महासमुंद जिले में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर टप्पा के पास कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिथौरा में भर्ती कराया गया है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा चार जनवरी को जगदलपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी कोंडागांव जिले के अनंतपुर में नया पुलिस थाना शुरू हो गया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम ने आज इस थाने का शुभारंभ किया

इस अवसर पर उन्होंने कैम्प में तैनात जवानों और कर्मचारियों से मुलाकात भी की राजनांदगांव जिले में सुरगी पुलिस ने हल्दी तिराहा के पास पैंसठ किलो गांजा के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है